गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना के तहत वनों की वृद्धि के लिए पौधरोपण कार्य किए जा रहे हैं प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है यह दिवस स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस का प्रतीक है

परिषद एक निगरानी संस्था है जो प्रेस के उच्च मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस अवसर पर नई दिल्ली में उत्कृष्ट कार्य के लिए पत्रकारों को पुरस्कृत करेंगे इधर राज्य सूचना व जन संपर्क विभाग द्वारा शिमला में रिपोर्टिंग व्याख्या एक यात्रा विषय पर आज शिमला में विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे जावडेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम है नई दिल्ली में कल आकाशवाणी के अत्याधुनिक सभागार रंग भवन के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आकाशुवाणी रेडियो की पहुंच बहुत व्यापक है इस अवसर पर प्रसार भारती के संग्रह से गुरूबानी और शबद कीर्तन के डिजिटल संस्करण भी जारी किए गए प्रतियोगिता अखिल भारतीय सिविल सेवाएं कब्बड़ी प्रतियोगिता कल शिमला के राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में शुरू हुई

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसका शुभारंभ किया और कहा कि इस तरह के आयोजन कर्मचारियों में खेल प्रतिभा व खेल भावना को बढ़ावा देते है

इसमें राज्यपाल एकादश मुख्यमंत्री एकादश अध्यक्ष एकादश और प्रेस एकादश की टीमें भाग ले रही हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने रोहतांग दर्रा बंद होने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है मनाली लेह मार्ग छह माह के लिए बंद अब अपने जोखिम पर होगा रोहतांग दर्रा का सफर पंजाब केसरी का शीर्षक है उंची चोटियों में बर्फबारी जारी वाहनों के लिए रोहतांग दर्रा बंद

आपका फैसला के शब्द हैं रोहतांग दर्रा अगले छह माह के लिए अधिकारिक तौर पर बंद जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी वृद्धा से कूरता मामले पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पुलिस लाइन भेजे एसएचओ सरकाघाट मामले में खाकी की भूमिका की जांच पूरी होने तक हैड कांस्टेबल भी वहीं रहेंगे दैनिक जागरण की सुर्खी है एसएचओ व मुख्य आरक्षी लाइन हाजिर पंजाब केसरी के मुताबिक बुजुर्ग महिला से अमानवीय बर्ताव मामले में हटाए सरकाघाट के एसएचओ आपका फैसला लिखता है समाहल प्रकरण में पुलिस जांच सवालों के घेरे में जयराम बोले लैंड बैंक बनाएं ताकि निवेशकों को डिमांड के अनुसार जमीन दी जा सके शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है निवेश को जमीन पर उतारने को रोडमैप तैयार दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार निवेश के प्रस्तावों को हकीकत में बदलने के खुद फंट पर खेलेंगे मुख्यमंत्री जयराम अमर उजाला ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखा है नशे के मामले में शिमला देश के बड़े नगरों में सबसे आगे

नमस्कार